तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश को फिर से लागू करने को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुंभ है मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम

सभी अस्सी सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में है जबकि अन्य राजनैतिक दल फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर अपना वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं श्री मोदी कल वीडियो काफ्रेसिंग के जरिये तमिलनाडु में मयिलाद्तरई पेरम्बलूर शिवगंगा तेनी और विरूदनगर के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि अवसरवादी गठबंघन और वंशवादी पार्टियां अपना खुद का सामाज्य खड़ा करना चाहती है लेकिन भाजपा जनता को अधिकार सम्पन्न बनाना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करेगी श्री मोदी ने कहा कि आगामी चुनाव सरकार के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा और देश के लिए बहत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाड् अपने वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है और उनकी सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर कदम उठाये हैं श्री मोदी ने यह कहा कि यह धारणा गलत है कि कारोबारी सुविवा से सिर्फ बड़ी कम्पनियों को फायदा होता है क्योंकि इससे सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र तथा छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक अध्यादेश को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है इस अध्यादेश में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया गया है और एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तुरंत वैवाहिक संबंध विच्छेद करने को आपराधिक कृत्य करार दिया गया है राष्ट्रपति ने कंपनी संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस और भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस को भी फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित होने के बाद एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था यह संविधान की धारा पन्द्रह और सोलह में संशोधन करके राज्यों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्राव्धान की अनुमति देता है यह अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि करतापुर साहिब गलियारा उस गलती का प्रायश्चित्त है जो अगस्त उन्नीस सौ सैंतालिस में हुई थी श्री मोदी कल नई दिल्ली में सिक्खों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर साढ़े तीन सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे करतारपुर साहिब गलियारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा केन्द्र सरकार के अथक और अमूतपूर्व प्रयास से कस्तारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है अब हर भारतीय हर सिख नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरवार साहब के दर्शन कर पाएगा

हवारे गुरू का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के मानवता की निस्वार्थ सेवा समर्पण और बलिदान जैसे महान आदर्शो की सराहना की श्रीगुरू गोविन्द सिंह जी मानते थे सबसे बड़ी सेवा है मानवीय दुखों को दूर करना वे वीरता शौर्य त्याग धर्म परायण से भरे हुए दिव्य पूरूष थे जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अलौकिक ज्ञान था

इसके साथ साथ गुरूमुखी ब्रजभाषा संस्कृत फारसी हिन्दी और उर्दू सहित कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे

इस परम्परा को ऋषियों मुनियों और श्रद्वालुओं ने हजारों वर्षो से सहेज कर रखा है श्री योगी कल लखनऊ में इंडिया दुडे द्वारा आयोजित कुंभ दो हजार उन्नीस कॉन्फ्लुएन्स ऑफ माइन्ड्स कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस वृह्द आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार ने पुख्ता बन्दोबस्त किये हैं श्री योगी ने कहा कि लोगों को इस विश्वस्तरीय आयोजन में देश के हर सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा उन्होंने कहा कि देश के छह लाख गांवों के प्रतिनिधियों को इस कुंभ में आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री ने कुंभ के सांस्कृतिक महत्व को रेखाकित करते हुए कहा कि यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है द्निया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम क्भ कल से प्रयागराज में शुरू हो रहा है कल मकर संक्रांति के दिन से शाही स्नान का कम शुरू हो जायेगा इस बीच श्रद्वालु आखिरी समय में असुविधा से बचने के लिए पहले ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने यातायात संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया है प्रयागराज में कुंम मेले की समी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं दुनिया में एक ही स्थान पर मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम मंगलवार को अखाड़ों के पहले शाही स्नान के साथ शुरू होगा कुंभ मेले के सुचारु रूप से आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बीच मेला प्रशासन ने कल रात से मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है लखनऊ में कल कुम्म दो हजार उन्नीस कॉन्फ्लुएन्स ऑफ माइन्ड्स में बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि चार सौ पचास वर्षो में पहली बार कुम्भ तीर्थपात्रियों को अक्षय वट के प्राकृतिक रूप का दर्शन करने का अवसर मिलेगा

कुम्म मेला को बत्तीस हजार हेक्टेयर में बसाया गया है

तीर्थपात्री किसी भी सड़क मार्ग जल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा कुम्म मेले में पहुंच सकते हैं

आकाशवाणी ने मेले के लिए एक किलोवाट क्षमता का एक अलग एफ एम ट्रांसमीटर कुंभवाणी स्थापित किया है कुंभवाणी का प्रसारण पैंतीस किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकेगा आकाशवाणी ने पहली बार कुंभवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को यू ट्यूब पर दिखाने की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन कुंभ मेले पर अपने विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से आरंभ करेगा

कुंभ में श्रद्वालुओं के सुगम आवागमन और सुविधाओं के लिए रेलवे ने प्रयागराज में नये प्लेटफार्म्स व टर्मिनल सहित यात्री आश्रयों की पुख्ता व्यवस्था की है कांग्रेस ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अपनी ताकृत पर लड़ने का फैंसला किया है कल लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव गुलामनबी आज़ाद और प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने इस निर्णय की घोषणा की श्री आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी अस्सी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी हालांकि अन्य दलों के साथ गठबंधन का विकल्प खुला रखते हुए श्री आज़ाद ने कहा कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हो तो उसे समायोजित करने पर विचार ज़रूर किया जायेगा कांग्रेस को सपा बसपा गठबंधन से अलग रखने के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल होना चाहती थी लेकिन अगर कोई साथ नहीं चलना चाहता है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है चुनाव के बाद सपा बसपा से गठजोड़ के बारे में पूछे जाने पर श्री आज़ाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांप्रेस सभी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दलों का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोकदल से चुनावी तालमेल की संभावना के बारे में किये गये सवाल पर उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि इस बारे में वह मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले डेढ़ वर्षो में उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अट्ठारहवें से दूसरे स्थान पर आ गया है कुम्म के दिव्य आयोजन के बाद यह पर्यटन का सबसे बड़ा गन्तव्य होगा मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्व के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोककला परम्परा और संस्कृति को प्रोत्साहित करना महोत्सव का उद्देश्य होता है ऐसे रचनात्मक आयोजन होते रहने चाहिए